मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत कहा प्रदेश सरकार जनता से किए गये वादों पर खरी उतरी है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

शीतकालीन सत्र देहरादून में कल से विधानसभा का तीन दिवसीय शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी है सत्र के पूर्व आज दलीय नेताओं और कार्य मंत्रणा की बैठक हुयी और सत्र के पहले दो दिनों के कामकाज पर चर्चा की गयी इस बारे में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने मीडिया को जानकारी दी

विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया है कि सत्र के दौरान कोरोना संक्रमण को देखते हुए बचाव के सभी आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा उन्होंने बताया कि सत्र में शामिल होने वाले विधायकों मंत्रियों को कोरोना का रैपिड टेस्ट आरटी पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा और उसकी रिपोर्ट विधानसभा को देनी होगी इसके अलावा प्रवेश द्वार पर सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जायेगी इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना सक्रमित होने के चलते वर्चुअल माध्यम से सत्र में भाग लेने की खबर है उधर पुलिस ने भी सत्र को लेकर की जा रही तैयारियों को अन्तिम रूप दिया एसएसपी योगेन्द्र सिंह रावत ने बताया है कि सत्र के दौरान राजनैतिक संगठनों के धरने प्रर्दशन को देखते हुए पुलिस की कोशिश होगी कि इससे सत्र में किसी तरह का व्यवधान ना पड़े इस बारे में पुलिसकर्मियो को निर्देशित किया गया है

बैठक के दौरान डॉ हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में कोविड महामारी के प्रसार की दर घटकर दो प्रतिशत तक आ गई है और मृत्यु दर विश्व में सबसे कम एक दशमलव चार पांच प्रतिशत है डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि अक्तूबर नवम्बर माह में त्यौहारों के बावजूद व्यापक परीक्षण करने संक्रमण का पता लगाने और उपचार की नीति के कारण इस अवधि में संक्रमण के मामलों में कोई तेज वृद्धि नहीं देखी गई

उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीन के पहले सेट को प्राधिकृत करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है उन्होंने पहले चरण में लगभग तीस करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए एक त्वरित टीकाकरण अभियान की आवश्यकता पर भी बल दिया मुख्यमंत्री वर्चुअल संवाद मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से वर्चअल संवाद के दौरान कहा है कि प्रदेश सरकार ने चुनाव से पहले जनता से जो वादे किए थे उन पर खरी उतरी हैं उन्होंने बताया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार मिटाने के संकल्प के तहत सरकार पूरी ताकत के साथ काम कर रही है प्रदेश में महिलाओं की आर्थिकी मजबूत करने के लिए स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं प्रदेश में कई ग्रोथ सेंटरों में महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं

आत्मनिर्भर भारत निर्माण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतीय उद्योग की क्षमता और प्रतिबद्धता दुनिया को दिखाने का यही समय है उन्होंने उद्योग और व्यवसाय जगत का आहवान करते हुए कहा कि वे आने वाले वर्षो में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाएं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल एसोचौम फाउंडेशन सप्ताह कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि आज विश्व चौथी औद्योगिक क्रांति की ओर तेजी से बढ़ रहा है श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के दौर में जब दुनिया में निवेश की गतिविधियां प्रभावित हुई तो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी पोर्टफोलियों निवेश रिकॉर्ड स्तर पर किया गया प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में भारत को लेकर इतनी सकारात्मक सोच पहले कभी नहीं रही

अपने संदेश में उन्होंने कोरोना काल में शिक्षण कार्यों को जारी रखने के लिए शिक्षकों की सराहना की शिक्षा मंत्री ने बोर्ड परीक्षाओं के संचालन के लिए शिक्षकों से सुझाव मांगे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना हरिद्वार जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बनाए जाने वाले आवासो के लिए हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने भूमि का चयन कर निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है एच आर डी ए के सचिव हरबीर सिंह ने बताया कि हरिद्वार के सिडकुल में कमजोर वर्गो के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनाने का काम शुरू हो गया है

इन सभी पात्र लाभार्थियों को जल्द ही आवास उपलब्ध कराये जाएगें एम्बुलेंस अल्मोड़ा जिले के दूर दराज वाले क्षेत्रों के लिए दो एंबुलेंसों को सांसद अजय टम्टा ने आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इन दोनों एंबुलेंसों को ताकुला और चौखुटिया में तैनात किया जायेगा इस अवसर पर श्री टम्टा ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास किये जाएंगे

मौसम प्रदेश में आज आमतौर पर मौसम साफ रहा और चटख ध्रप खिली पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह से ही तेज हवाओं के चलने और कहीं कहीं आकाश में बादल छाये रहने से ठंडक महसूस की गयी मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों विशेषकर ऊधमसिंहनगर और हरिद्वार जिलों में शीतलहर और घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पाला पड़ने की भी संभावना है शताब्दी वर्ष आज चमोली जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामप्रसाद बहुगुणा की शताब्दी वर्षगांठ ध्रमधाम से मनाई गई उनके जन्मदिवस पर आज जन प्रतिनिधियों साहित्यकारों सहित अन्य लोगों ने नंदप्रयाग में उनके स्मारक पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्वांजलि दी इस अवसर पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया और उनके व्यक्तित्व पर रोशनी डाली गई उनके पुत्र समीर बहुगुणा ने बताया कि कम उम्र में ही रामप्रसाद बहुगुणा स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे

सेना भर्ती पौड़ी जिले के कोटद्वार में गढ़वाल रायफल सेना में भर्ती आज से शुरू हो गई है बलबीर स्टेडियम में हो रही भर्ती प्रक्रिया के पहले दिन उत्तरकाशी की सात तहसीलों के युवा शामिल हुए

कोटद्वार के उप जिलाधिकारी योगेश सिंह मेहरा ने बताया कि भर्ती के लिए आये युवाओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसका खास ध्यान रखा जा रहा है

इस दौरान शहर में आवश्यक वस्तुओं की दुकाने खुली रहीं